आज आब्रोड़ में प्रजापिता ब्रहमक्मारी संस्थान में महिला सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और उनके सम्मान के हरण की घटनाएं हर देशवासी को झकझोर देती है इसीलिए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा पाने वाले व्यक्तियों को दया याचिका के अधिकार के बारे में संसद को विचार करना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि महिला सुरक्षा एक गंभीर विषय है इस पर बहुत काम हुआ है उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान प्रति बेटों को संवेदनशील बनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है राष्ट्रपति ने कहा कि कि शिक्षा सशक्तिकरण का आधार है और महिलाओं को साक्षर करके ही उन्हें सबल बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत महिला शक्तिकरण के लिए कई क्षेत्रों में काम हुआ है श्री कोविंद ने कहा कि नारी शिक्षा के कारण ही कई राज्यों में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है

साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जनार ने चारों आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है खबरों में बताया गया है कि अपराध की छानबीन के लिए पुलिस चारो आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की बार बार चेतावनी के बावजूद जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी

कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को एसएचओ के खिलाफ कार्यवाही कर कोर्ट को रिपोर्ट करने को कहा है उधर श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है पॉक्सो अदालत ने इस मामले में कोताही बरतने पर जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही इरादे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इससे देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों का भविष्य बेहतर होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मूल प्रशासनिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का दौर आ गया है और बेहतर सुशासन के लिए लोगों के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पहले की वायदों की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की राजनीति में विश्वास करती है

इसके लिए विकास और सुशासन के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गृह रक्षा विभाग के सुदुढीकरण और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखेगी

उन्होंने कहा कि होमगार्ड के स्वयंसेवक नागरिकों और सार्वजनिक सम्पति की रक्षा के कार्य में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहायता कर रहे हैं सरकार पुलिस की तरह ही उनके सम्मान को बनाए रखेगी मुख्यमंत्री ने समारोह में उत्कृष्ट कार्यो के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए

हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि कल सुबह शहीद की पार्थिव देह को पैतुक गांव खेतड़ी के हरड़िया ले जाया जाएगा जहां पूरे सम्मान से शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज संसद भवन में प्ष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह संसद भवन परिसर में डॉ आम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत अन्य मंत्रियों और सांसदों ने भी उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किए

जिसमें से एक हजार रूपए उसने पहले ही ले लिए थे आज चार हजार रूपए की रिश्वत लेते हैडकांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया गया